नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि खाना पकाने के काम में आने वाले सभी प्रकार के ईंधनों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था लागू होनी चाहिए इस समय सरकार एलपीजी का इस्तेमाल करने वालों को ही सब्सिडी देती है

ज़िला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि चुनाव के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

मौसम प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है प्रदेश के विभिन्न भागों किन्नौर कुल्लू धर्मशाला व चम्बा में वर्षा का सिलसिला रुक रुक कर जारी है लगातार हो रही वर्षा से उच्चतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है राजधानी शिमला में आज सुबह से ही धुंध छाई हुई है मौसम विभाग ने आज व कल प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अधिकांश भागों में भारी वर्षा की सम्भावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है नशे पर पंजाब की तरह कानून बनाएगा हिमाचल नशा तस्करी रोकने के लिये सख्त कदम उठाने पर किया जा रहा विचार इसी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है नशा माफिया को कुचलने के लिये पंजाब की तरह कड़ा होगा कूनन बैंक की भर्ती अपनों से हमदर्दी शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है आरोपों के घेरे में हैं पूर्व सीएम कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी इसी अखबार की एक अन्य खबर है सात हजार पेड़ों पर चली माफिया की कुल्हाड़ी दिव्य हिमाचल की एक खबर है मिड हिमालयन फेज दो पर ब्रेक विश्व बैंक ने परियोजना लागू करने पर जताई असमर्थता घुमारवीं के एसीजेएम करेंगे नयनादेवी एनकाउंटर की ज्यूडिशियल इंक्वायरी शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है जांच अधिकारी मामले में जल्द रिपोर्ट तैयार कर पुलिस प्रशासन को सौंपेंगे

अमर उजाला लिखता है हर हर महादेव के उदघोष के साथ श्रीखंड यात्रा शुरू आपका फैसला के शब्द हैं विश्व की सबसे कठिन श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से फिर जगी नेताओं में आस शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है दिल्ली में हाईकमान से नियुक्तियों पर बातचीत संभव इसी अखबार की एक अन्य खबर है हिमाचल के बेरोजगारों को हितों को नजरअंदाज कर भर्ती किये बाहरी युवा हिमाचल दस्तक की एक खबर है मिलने आए लोगों से अब खुद मिलने जाएंगे सीएम सचिवालय और ओकओवर में लोगों के लिये बनेंगे हॉल अमर उजाला लिखता है अवैध निर्माण पर नपेंगे अब अधिकारी प्रदेश सरकार बना रही नए नियम अजीत समाचार ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के बयान को सुर्खी दी है हिमाचल में कांग्रेस एकजुट अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय संस्कृति विरुद्ध सियासी टिप्पणियां में विपक्षी नेता को सांस्कृतिक प्रतीकों पर टिप्पणी करने के बजाय मूल्य आधारित आलोचना करने की सलाह दी है आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय बीपीएल चयन प्रक्रिया में सरकार द्वारा अपात्र लोगों को हटाने के लिये दूरदर्शी व पारदर्शी प्रक्रिया लागू करने की सराहना की है